मॉनसून ने प्रदेश में दी दस्तक मौसम विभाग ने जबलपुर छिंदवाड़ा बैतूल झाबुआ और हरदा में भारी बारिश की चेतावनी दी

पीएम निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए आपात योजना बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श कर यह योजना तैयार की जानी चाहिए बैठक में बताया गया कि देश में कोरोना के कुल मामलों की दो तिहाई संख्या पांच राज्यों में है इसे देखते हुए कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही इस महामारी से निपटने अन्य संसाधन भी बढ़ाये जा रहे हैं वहीं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना संकट पर चर्चा के लिए आज दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की गृहमंत्री ने महामारी से संक्रमित रोगियों के लिए बिस्तरों की कमी को देखते हुए दिल्ली में पांच सौ रेलवे कोच तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई यह समिति दिल्ली के निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधाओं का जायजा लेगी

मंत्रालय ने सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने को कोरोना संक्रमण के नये लक्षणों में शामिल किया है मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि रेमडेसिवर कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मरीजों की स्थिति देखकर ही किया जाना चाहिए मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिवर उन मरीजों को दी जा सकती है जो मध्यम स्तर पर हैं और ऑक्सीजन रिपोर्ट पर है जबकि कन्वालेंसेट प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों को दी जानी चाहिए जो ऑक्सीजन पर हैं और उनकी ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है वहीं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्सीन का इस्तेमाल संक्रमण के शुरूआत में किया जाना चाहिए कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े दस हजार से ज्यादा है इनमें से लगभग साढ़े सात हजार लोग स्वस्थ्य होकर अपने घर लौट गये हैं वहीं पन्ना जिला आज कोरोना मुक्त हो गया है जबलपुर में आज तीन और कोरोना संकमित मरीज ठीक हो गये जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

जबकि गुना में दोनों मरीजों स्वस्थ्य हो गये

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्व सहायता समूहों से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी हालात ठीक नहीं है ऐसे में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े इसलिए सरकारी और निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है

अब इसे जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है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

साथ ही लाइसेंस प्राप्त दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने बताया कि रहवासी परिसर और बाजारों में स्थित दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर किराना सब्जी फल फूल चिकन मटन फिश पीडीएस दुकानें सैलून आदि पांच दिन खुली रहेगी शेष दो दिन शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बन्द रहेंगी मॉनसून प्रदेश के होशंगाबाद जबलपुर और इंदौर संभाग के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है

मंडला और डिंडौरी सहित कई जिलों में बारिश की खबर है

जबकि सागर भोपाल ग्वालियर और चंबल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है मौसम विभाग ने जबलपुर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सिवनी बैतूल खंडवा झाबुआ हरदा और डिंडोरी में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है

आज भोपाल के कई इलाकों में टिड्डीयों के बड़े दल को देखा गया

इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया